संक्रमण रोकने के लिए पांच सूत्रीय रणनीति पर बल दिया

सबसे अधिक पटना से तीन सौ बहत्तर मामले दर्ज किये गये

अब तक चौंतीस लाख छियानवे हजार से अधिक लोगों को दिये जा चूके हैं टीके

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पांच स्तरीय रणनीति जांच पहचान उपचार कोविड दिशा निर्देश का पालन और व्यापक टीकाकरण को प्रतिबद्धता से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है प्रधानमंत्री ने देश में कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान उन्होंने आम लोगों के बीच कोविड प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिये प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया कोविड व्यवहार के लिए इस महीने की छह तारीख से लेकर चौदह तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा बाईट इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड की रोकथाम के उपायों का प्रभावी क्रियानवयन के अलावा सक्रिय मामलों के पहचान के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन पर भी जोर दिया

इसके अलावा आने वाले दिनों में अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्यता जांच की उचित व्यवस्था और समय पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ कोविड व्यवहार को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने और इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने पर भी जोर दिया बैठक के दौरान देश में कोविड टीकाकरण के बारे में प्रस्तुति दी गई इसमें कहा गया कि घरेलू स्तर पर जरूरत के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास चल रहे हैं इसके साथ ही जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पुहंचाई जा रही है बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव गृहसचिव स्वास्थ्य सचिव तथा वैक्सीन पर उच्चाधिकार समूह के अध्यक्ष शामिल थे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 पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ सौ चौंसठ नये मामलों की प्रष्टि हुई सबसे अधिक तीन सौ बहत्तर मामले पटना से सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से साठ भागलपुर से छियालीस मुजफ्फरपुर से चौंतीस मुंगेर और वैशाली से पच्चीस पच्चीस पश्चिम चम्पारण से तेईस बेगूसराय से उन्नीस तथा सुपौल से सोलह मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर तीन हजार पांच सौ साठ हो गयी है पटना में अभी एक हजार पांच सौ उनचास लोगों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन में दो सौ पैंतालीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी इसी अवधि में एक मरीज की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ तिरासी हो गयी है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अंठानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत है नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और युवाओं को कम से कम घर से बाहर निकलने की सलाह दी है

एनएमसीएच के एक चिकित्सक और दो छात्र भी संक्रमित मिले हैं वहीं कल मुम्बई से पटना लौटे चार यात्री जांच में पॉजिटिव पाये गये हैं नालंदा के सिविल सर्जन दो चिकित्सक और पांच स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना में एक सौ तीन माईक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं इन क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा पचहत्तर टीमों का गठन किया गया है वहीं आम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से उनतीस जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाये जा रहे हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में आज से एक सौ बेड की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पटना एम्स बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ायी जायेगी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है राज्य सरकार ने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के हर सम्भव उपाय करने को भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये अधिकारियों को जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सत्तर से पचहत्तर हजार नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है श्री पांडेय ने कहा कि इनमें से सत्तर प्रतिशत नमूनों की जांच आरटीपीसीआर पद्धति से करवाने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि अभी प्रतिदिन लगभग छत्तीस हजार जांच आरटीपीसीआर से हो रही है प्रदेश में अब तक चौंतीस लाख छियानवे हजार आठ सौ छत्तीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये हैं कल सैंतालीस हजार आठ सौ पचहत्तर लोगों का टीकाकरण हुआ अब तक दिये गये कुल टीकों में से तीस लाख तीस हजार आठ सौ नब्बे लोगों को पहली डोज जबकि चार लाख पैंसठ हजार नौ सौ छियालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण स्कूल और कॉलेजों को ग्यारह अप्रैल तक बंद रखने के फैसले के मद्देनजर सिर्फ विद्यार्थी ही स्कूल नहीं आयेंगे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को इस अवधि में स्कूल आना अनिवार्य होगा साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बंद के दौरान पूर्व से निर्धारित परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है पंचायत चूनाव के लिए ईवीएम की खरीद को लेकर आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक होगी प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद को लेकर सहमति बनाने का प्रयास होगा गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को अब तक ईवीएम की खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गयी है इस मामले में कल सुनवाई होनी है मैट्रिक का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दोपहर साढ़े तीन बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी रिजल्ट जारी करेंगे इस बार की परीक्षा में सोलह लाख चौरासी हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुये थे परीक्षा का आयोजन सत्रह से चौबीस फरवरी के बीच किया गया था केन्द्र सरकार ने बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के वास्ते नौ हजार दो सौ तिहत्तर करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने बताया कि भूमि अधिग्रहण मद में पहली बार इतनी बड़ी राशि मिली है उन्होंने बताया कि इस राशि से सात सौ बीस किलोमीटर प्रस्तावित एनएच के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नवादा में जहरीली शराब से सोलह लोगों की हुई मौत के मामले में नगर थाना अध्यक्ष टीएन तिवारी और उत्पाद दारोगा नागेन्द्र प्रसाद को निलंबित कर दिया है इन दोनों की अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है इससे पूर्व गोंदापूर के चौकीदार विकास मिश्र को भी इस मामले में निलंबित किया जा चुका है नवादा की पुलिस अधीक्षक ध्ररत सायली सावला राम ने बताया कि इस मामले में सात अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है वायू प्रद्षण की निगरानी के लिए प्रदेश में तेईस स्थानों पर अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र सीएएजीएम की स्थापना की जायेगी पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है खेतों में प्रआल जलाने वाले दो हजार एक सौ अड़तीस किसानों को कृषि विभाग ने योजनाओं का लाभ लेने से वंचित कर दिया है आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो रबी मौसम और एक खरीफ मौसम में यह कार्रवाई की गयी प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि दो दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी

पूर्णिया जिले के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी भूषण यादव और अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं में सैंकड़ों बीघा खेत में लगी गेहूँ की फसल जल कर राख हो गयी वहीं खगड़िया जिले के सदर प्रखंड के बछोता बहियार में बिजली की चिंगारी से लगी आग के कारण सैकड़ों एकड़ खेत में लगी गेहूँ की फसल नष्ट हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड के बढ़ते मामलों और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है पहली बार देश में एक दिन में एक लाख कोरोना मरीज मिले दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है संक्रमण का पिछला पीक पीछे छूटा अब संक्रमण की रफ्तार और तेज प्रभात खबर की सुर्खी है चार सौ नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला बाईस जवान शहीद दैनिक जागरण ने लिखा है पांच राज्यों में थमा चुनाव प्रचार कल मतदान आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना की स्थिति की समीक्षा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

संक्रमण रोकने के लिए पांच सूत्रीय रणनीति पर बल दिया

सबसे अधिक पटना से तीन सौ बहत्तर मामले दर्ज किये गये

अब तक चौंतीस लाख छियानवे हजार से अधिक लोगों को दिये जा चुके हैं टीके